नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जारी होगी अधिसूचना महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी

लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी इस चरण में बीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के इक्यानवे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा बिहार में औरंगाबाद गया नवादा और जमुई लोकसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण के तहत ही चुनाव होने हैं अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अठाईस मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे पहले चरण का मतदान ग्यारह अप्रैल को होगा पहले चरण में ही नवादा विधानसभा के लिए उपचुनाव भी होने हैं गौरतलब है कि नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव को सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गयी थी जिस कारण यहां उपचुनाव हो रहे हैं महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पायी है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच कल नई दिल्ली में हुई बातचीत भी बेनतीजा रही कांग्रेस प्रदेश की चालीस लोकसभा सीटों में से कम से कम ग्यारह सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है वहीं राजद ने संकेत दिया है कि कांग्रेस को आठ से अधिक सीटें नहीं दी जा सकती है हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी पांच सीटों पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं इस बीच कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि भाकपा माले से भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सीटों की घोषणा पटना में ही होगी और इसके लिए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है दूसरी तरफ भाकपा माले ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल होने को लेकर अभी भी उसे राजद और कांग्रेस के फैसले का इंतजार है कल पटना में पार्टी की राज्य स्थायी समिति की बैठक के बाद पार्टी नेता धीरेन्द्र झा ने कहा कि कल शाम तक के लिए किसी भी फैसले को टाल दिया गया है लोकसभा चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए आयकर विभाग ने जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया है ये टीमें संबंधित क्षेत्र के प्रत्याशियों पर नजर रखेगी टीम में दो आयकर अधिकारी और एक विभागीय इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है वहीं विभाग ने पटना में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की है कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह दो एक तीन पर पैसे की अवैध लेन देन की शिकायत की जा सकती है निर्वाचन आयोग ने पटना हवाई अड्डा प्रबंधन से चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टरों की सूची प्रत्येक दिन आयोग कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि प्रत्येक हेलीकॉप्टरों ने दिनभर में कितनी उड़ानें कहां कहां के लिए भरी और उस पर कौन से नेता सवार हुये इसका ब्योरा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाये रोहतास जिले के कोचस नगर पंचायत के लिए हुये चुनाव में पैंसठ प्रतिशत जबकि वैशाली जिले के महुआ नगर पंचायत के लिए सत्तर प्रतिशत मतदान हुआ मतों की गिनती कल होगी पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने होली के दौरान सिपाही से लेकर आईजी स्तर तक के सभी कर्मियों को चौबीस घंटे पूरी वर्दी में ड्यूटी पर तैनात रहने का आदेश दिया है श्री पांडेय ने कहा है कि सिविल ड्रेस में दिखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी वहीं सभी पुलिसकर्मियों की हर दो घंटों में हाजिरी ली जायेगी पुलिस महानिदेशक ने होली के दौरान शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए आम लोगों से भी अपील की है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर केन्द्र सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है उनका लंबी बीमारी के बाद देर शाम पणजी में निधन हो गया था वे तिरसठ वर्ष के थे

उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुम्बईसे धातुकर्म अभियांत्रिकी में बीटेक की डिग्री हासिल की

मनोहर पर्रिकर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम गोवा के मिरामार में अंतिम संस्कार किया जाएगा गोवा के मुख्यमंत्री के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और हल्की बूंदाबांदी की सम्भावना है मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है विभाग ने कहा है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश की सम्भावना है शिक्षक पात्रता परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी देने के मामले में बांका जिले में निगरानी जांच ब्यूरो ने दो पूर्व बीडीओ दो पूर्व प्रमुख और चार पूर्व मुखिया समेत तैंतीस लोगों पर धोरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी है भागलपुर जिले में पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक और लेखापाल के पद पर बहाली के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले चौदह अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है सारण जिले में मढ़ौरा थाने के वाहन चालक के घर से दो कार्टन शराब बरामद की गई है वहीं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने छह सौ बाईस कार्टन विदेशी शराब और चार हजार लीटर स्प्रीट बरामद की है मौके से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के जीवधारा किशनपुर के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से पांच लाख रूपये लूट लिये बिहटा कोईलवर मुख्य मार्ग पर पिछले चौबीस घंटों से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है ट्रकों की दस किलोमीटर से भी अधिक लम्बी कतार होने के कारण रोड वन वे हो गयी है प्रशासन जाम हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है अररिया जिले के बनगामा पंचायत के खेरूगंज गाँव में अगलगी की घटना में डेढ़ दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने एनडीए में सीटों के बंटवारे और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में एनडीए के दलों के हिस्सों की सीटें घोषित अखबार की एक अन्य सुर्खी है गया समेत चार सीटों के लिए नामांकन आज से दैनिक जागरण लिखता है टूट के कगार पर महागठबंधन राहुल तेजस्वी वार्ता बेनतीजा दैनिक भास्कर लिखता है गोवा के चार बार सीएम और रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का निधन आज राष्ट्रीय शोक प्रभात खबर की सुर्खी है पीसी घोष हो सकते है देश के पहले लोकपाल राष्ट्रीय सहारा लिखता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा बसपा गठबंधन के लिए सात सीटें छोड़ी आज लिखता है प्रथम चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज

नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी जारी होगी अधिसूचना महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी